इस बीच अनुराग ठाकुर आज शिमला और सोलन में ग्राहक सम्पर्क पहल कार्यक्रमों की अध्यक्षता भी करेंगे जावडेकर केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पैसे देकर छापी जाने वाली खबरों से फर्जी खबरें ज्यादा खतरनाक हैं उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ सरकार और मीडिया को मिलकर काम करने की जरूरत है कल नई दिल्ली में जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज को रोकने के लिए सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि सभी को इसके लिए मिलकर काम करना होगा उन्होंने कहा कि जो लोग सही समाचारों के व्यवसाय में हैं उन्हें इसे रोकने के लिए संघर्ष करना होगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मंडी के सेरी मंच में छोटी काशी महोत्सव का शुभारंभ करेंगे

महोत्सव में बनारस की तर्ज ब्यास आरती का आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री भाग लेंगे हिमुडा राज्य सरकार ने हिमुडा को डिमांड सर्वे के एवज में पैसे जमा करवाने वाले लोगों को पांच हजार रुपये की राशि पांच प्रतिशत साधारण ब्याज सहित वापिस लौटाने के निर्देश दिए है एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हिमुडा को यह धनराशि लोगों से आवेदन प्राप्त किए बिना वापिस करने को कहा गया है प्रवक्ता ने बताया कि इस धनराशि को सीधे बैंक खाते में डालने या ड्राफ्ट के माध्यम से लौटाने के निर्देश दिए गए हैं नियुक्ति कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश एल नारायण स्वामी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे केन्द्रीय विधि व न्याय मंत्रालय ने राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद उनके नाम की अधिसूचना जारी कर दी है नवरात्र शारदीय नवरात्र के आज छटे दिन मां दुर्गा के कात्यायानी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है माता ने अपने इस पुत्री स्वरूप से पिता के कुल की रक्षा का संदेश दिया है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने धर्मशाला और पच्छाद विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ख़बर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल लिखता है नहीं मानी दयाल प्यारी नामांकन वापसी के आखिरी दिन हाई वोल्टेज ड्रामा दैनिक जागरण के शब्द हैं सिक्टा ने दिया आशीष दयाल प्यारी अब भी सख्त दैनिक भास्कर का शीर्षक है दोनों सीटों पर भाजपा और एक सीट पर कांग्रेस का बागी लड़ेगा चुनाव हिमाचल दस्तक का कहना है बागी अड़े मुकाबले कड़े निर्दलीयों ने बनाया मुकाबले को तिकोना अजीत समाचार के अनुसार प्रदेश भाजपा आशीष सिक्टा को मनाने में कामयाब

पंजाब केसरी ने खबर दी है हिमाचल के होटलों में रहना होगा सस्ता एक हजार रूपये के होटल कमरे पर नहीं देना होगा कोई टैक्स इसी समाचार पत्र के अनुसार कोर्ट के निर्णय की अनुपालना न करने पर हाईकोर्ट नाखुश जबकि दिव्य हिमाचल लिखता है अदालती आदेश न मानने पर सरकारी विभागों को लताड़

दैनिक जागरण की एक खबर है धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में आएंगे विदेश मंत्री जयशंकर आयुर्वेद विभाग के उपकरण घोटाले पर दैनिक भास्कर लिखता है जिन अफसरों ने घोटाले की जांच की अब उन्हीं को चार्जशीट करने की तैयारी